नमस्कार प्रदेश के समाचारों क साथ मैं शोभित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को केन्द्र में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है

राष्ट्रपति ने उनसे केन्द्रीय मंत्री परिषद में नियुक्त किये जाने वाले मंत्रियों के नाम मांगे हैं राष्ट्रपति ने श्री मोदी से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाने वाले शपथग्रहण समारोह की तिथि और समय की जानकारी देने को भी कहा है नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था बाद में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़गी उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार तेज़ी से काम करना शुरू कर देगी और एक पल भी व्यर्थ नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है इससे देश के सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प प्रदर्शित होता है बाइट जिन्होंने आज हम पर विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं जिनका विश्वानस हमें जीतना है हम उनके लिए भी है मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और तभी तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और इसलिए जन प्रतिनिधि से मेरा आग्रह जन प्रतिनिधि के नाते मानवीय संवेदनाओं के साथ हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है श्री मोदी ने कहा कि बड़े जनादेश से जिम्मेदारी भी बढ़ी है और एनडीए एक नई यात्रा की शुरूआत कर रहा है उन्होंने कहा कि ऊर्जा और समन्वय एनडीए की दो प्रमुख विशेषताएं हैं और सभी दलों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि किसी के साथ धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना श्री मोदी ने कहा कि इसस पहले अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई और उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया हमें उनका विश्वास जीतना है

शपथ ग्रहण समारोह सायं सात बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जायेगा

इन नेताओं ने आपसी सम्बन्धों को मजबूत करने पर ज़ोर देते हुए आशा व्यक्त की है कि श्री मोदी के नेतृत्व में पड़ोसी देशों के बीच समग्र भागेदारी बढ़ेगी

श्रीमती ईरानी के क़रीबी और चुनाव में सहयोगी रहे स़ुरेन्द्र सिंह की कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी

आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी के साथ विशेष बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए अलग से कृषि फीडर की व्यवस्था भी विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है बाइट आने वाले समय में क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं बिजली ं अच्छी क्वालिटी के लोगों को बिजली मिलेगी जो ट्रिपिंग फाल्ट थोड़ी बहुत होती है वह भी न मिले

एग्रीकल्वर जो फीडर है उसको सप्रेट किया है

इस निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार शानदार जीत हासिल करने के बाद यह उनका पहला आगमन है एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के मद्देनज़र जहां ज़िला प्रशासन सुरक्षा सहित अन्य ज़रूरी तैयारियां कर रहा है वहीं भाजपा की स्थानीय इकाई भी प्रधानमंत्री के अभिनन्दन के लिए खासी उत्साहित नज़र आ रही है ज़िलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री कल सुबह बाबतपुर हवाई अड़डे से काशी विश्वनाथ मन्दिर के लिए रवाना होगें जहां वह भगवान शिव का दर्शन करेंगें बाद में श्री मोदी ट्रेड फेलिसिटेशन सेन्टर में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे

श्री मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद के दौरे पर हैं जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं

प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्यारह लाख इकत्तीस हजार खाते खोले गये हैं श्री यादव ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों से जोड़ने के लिए इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है

यह हादसा आज जिले के सचेंडी में भौती हाई वे के करीब उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार ट्रक और वैन आपस में टकरा गये पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भज दिया है जबकि दुर्घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए स्थानीय हैलेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है

महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली एक सामाजिक संस्था द्वारा भेजे गये इस पत्र में सम्बन्धित विधेयक मे बच्चों के पालन पोषण स्त्री धन की वापसी और बहुविवाह पर रोक लगाने की मांग भी की गयी है इस बीच शहर की तीन तलाक़ प्रभावित महिलाओं ने केन्द्र में भाजपा की पुनः सरकार बनने पर जश्न भी मनाया